महाशिवरात्रि पर कल शिवालयों में होगी विशेष प्रजा अर्चनाराजिम माघी पुन्नी मेले का होगा समापन

मुख्य न्यायाधीश रामचंद्र मेनन और न्यायाधीश पी पी साहू की डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्यूशन फीस लेने का आदेश दिया है इसलिए सिंगल बेंच के पूर्व के फैसले पर हस्तक्षेप उचित नहीं होगा कोरोना संक्रमण के दौरान स्कूलों के बंद रहने के बाद भी स्कूल प्रबंघकों द्वारा फीस वसूली के आदेश को खिलाफ पालकों ने ग्यारह याचिकाएं दायर की थी

विश्वविद्यालय ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह निर्णय लिया है गौरतलब है कि पत्रकारिता विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी महाविद्यालयों में आगामी सोलह मार्च से सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू होने वाली थी छात्र संगठनों ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए परीक्षाएं स्थगित करने की मांग की थी इस बीच पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने भी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं कोरोना टीकाकरण छत्तीसगढ़ में कोरोना टीकाकरण जोरशोर से जारी है राज्यपाल अनुसुईया उइके आज रायपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पहुंची और कोरोना का टीका लगवाया इस अवसर पर राज्यपाल ने प्रदेशवासियों से अपील की कि समी लोग कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाएं उन्होंने कहा कि ऐसा करके ही हम कोरोना को हरा पाएंगे साथ ही राज्यपाल ने लोगों से मास्क लगाने और कोविड अनुरूप व्यवहार करने का भी अपील की वहीं दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल ने लोकसभा भवन नई दिल्ली में को वैक्सीन का टीका लगवाया राज्य में वर्तमान में कोविशील्ड की साढे दस लाख से अधिक डोज उपलब्य है कल कोविशील्ड की करीब छह लाख डोज प्राप्त हुई है राज्य टीकाकरण अधिकारी अमर सिंह ठाकर ने बताया कि प्रदेश में अब तक छह लाख पंचानवे हजार से अधिक डोज का उपयोग किया जा चुका है इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण एक बार फिर बढ़ने लगा है कल प्रदेश में कोरोना के तीन सौ नब्बे नये मामले सामने आए प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा तीन लाख पंदह हजार के पार पहंच गया है वर्तमान में तीन हजार से अधिक मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है वहीं रायपुर जिला प्रशासन ने कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने मास्क नहीं लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा है बठेना कांड जांच दल दूर्ग जिले के ग्राम बठेना में एक ही परिवार के पांच लोगों की मृत्यु को अनुसूचित जाति आयोग ने संज्ञान में लिया है आयोग के अध्यक्ष रामजी भारती सदस्य पदमा मनहर और सचिव बीएल बंजारे ने बठेना पहंचकर परिजनों से मेंट की और घटना की जानकारी ली आयोग ने परिजनों को घटना की उच्च स्तरीय जांच कर आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया है इस बीच भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा का बीस सदस्यीय एक दल गांव बठेना पहुंचा और घटनास्थल का जायजा लिया दल ने परिजनों से मुलाकात की और उन्हें हरसंभव मदद का आश्वासन दिया इसके अलावा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने भी मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और अपनी संवेदना व्यक्त की लोकसभा गोधन न्याय योजना राज्य शासन द्वारा जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार लोकसभा में कृषि मामलों की स्थायी समिति ने केन्द्र सरकार को सुझाव दिया है कि छत्तीसगढ़ की तरह किसानों से मवेशियों के गोबर खरीद की योजना पूरे देश में शुरू की जानी चाहिए सदन में कल पर्वतागौड़ा चंदनगौड़ा गद्दीगौडर की अध्यक्षता वाली कृषि मामलों की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की समिति ने अपनी रिपोर्ट में केन्द्र सरकार को दिए सुझाव में कहा है कि किसानों से उनके मवेशियों का गोबर खरीदने से उनकी आय में बढ़ोत्तरी होने के साथ साथ रोजगार के नये अवसर बढ़ेगे जैविक खेती को प्रोत्साहन मिलेगा साथ ही आवारा मवेशियों की समस्या का भी समाधान होगा माउंट फतह छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अमिता श्रीवास ने अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह की है तंजानिया स्थित किलिमंजारो की ऊंचाई पांच हजार आठ सौ पंचानवे मीटर है सुश्री श्रीवास का किलिमंजारो का पर्वतारोहण अभियान चार मार्च को सुबह दस बजे शुरू हुआ और वे पांच दिन की चढ़ाई के बाद आठ मार्च को सुबह पौने आठ बजे पर्वत के शिखर पर पहुंची शिखर पर पहुंचने के बाद उन्होंने चोटी पर भारत का झण्डा फहराया और अपनी इस उपलब्धि के लिए सहयोगियों को याद किया सुश्री श्रीवास की इच्छा आगे एवरेस्ट फतह करने की है अमिता श्रीवास की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और महिला तथा बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं

इस अवसर पर देशभर के महादेव मंदिरों और शिवालयों में रूद्राभिषेक सहित विशेष पूजा अर्चना की जाएगी राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के शिव मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है वहीं माघी पूर्णिमा से शुरू हुए राजिम माघी पून्नी मेले का भी कल समापन होगा माघी पून्नी भेला के अंतिम दिन कल सुबह से ही विभिन्न अखाड़ों और मठों से आमंत्रित साध्र संतों और श्रद्वालुओं द्वारा पृण्य स्नान किया जाएगा इसके लिए प्रशासन द्वारा मेला स्थल पर विशेष इंतजाम किए गए हैं राज्यपाल अनुसूईया उइके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने महाशिवरात्रि पर प्रदेशवासियों को श्रभकामनाएं दी हैं उधर कोरिया जिले में महाशिवरात्रि के अवसर पर अमृतधारा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा कार्यक्रम में पारंपरिक खेल छत्तीसगढ़ी व्यंजन प्रतियोगिता के साथ ही स्थानीय लोक कलाकारों द्वारा भी प्रस्तुति दी जाएगी वहीं महाशिवरात्रि पर कबीरधाम जिले के भोरमदेव मंदिर परिसर में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है साथ ही मंदिर के गर्भगृह में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए मंदिर के पुजारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं चित्रकोट महोत्सव बस्तर जिले में कल से तीन दिवसीय चित्रकोट महोत्सव शुरू हो गया है इसका शुभारंभ उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि बस्तर की संस्कृति के साथ साथ सम्यता के प्रचार प्रसार में यह कदम सहायक सिद्ध होगा महोत्सव के पहले दिन लोक नर्तक दलों द्वारा आकर्षक प्रस्तुति दी गई साथ ही दंतेवाड़ा के कोयानाच दल कोंडागांव के माटी चो माया ग्रूप सुकमा के धूरवा मड़ई नाचा दल के अलावा लोहंडीगुड़ा के घोड़ान्दी नाव बस्तानार के धूरवा नाच जगदलपुर के परब और दंडारी नाच दलों द्वारा प्रस्तुति दी गई इसके अलावा बस्तर परिधान पर आधारित फैशन शो को भी आयोजन किया गया उधर नारायणपुर में माता मावली मेला के आयोजन की पूर्व संध्या पर आयोजित पांरपरिक पूजा अर्चना में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए सिरपुर पाली महोत्सव महासमुद जिले के सिरपुर में पुरखा के सुरता के तहत अंतर्राष्ट्रीय सिरपुर बौद्ध महोत्सव और शोध संगोष्ठी का आयोजन आगामी बारह मार्च र्से किया जाएगा तीन दिवसीय इस महोत्सव का शुभारंभ सुबह ग्यारह बजे से होगा इनमें धम्म कला स्थापित शिक्षा संस्कृति साहित्य समाज और इतिहास पर केंद्रित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा आज रायपुर में आयोजित एक पत्रकारवार्ता में आयोजन समिति के पदाधिकारी विष्णु बघेल ने बताया कि समारोह में देश और दुनिया के प्रसिद्ध विद्वान भाषाविद पुरातत्वविद इतिहासकार पत्रकार लेखक शोधकर्ता प्रोफेसर साहित्यकार और बुद्धिजीवियों का प्रबोधन सत्र भी होगा उधर कोरबा जिले में कल ग्यारह मार्च से दो दिवसीय पाली महोत्सव शुरू होगा इसका शुभारंभ संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत करेंगे दो दिवसीय इस महोत्सव में स्थानीय और रंगमेंच के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी मौसम अगले तीन दिनों के दौरान प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है इसके साथ ही कुछ इलाकों में आंधी तूफान चलने के साथ ही ओलावृष्टि भी हो सकती है मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि उत्तर पश्चिम मध्यप्रदेश के ऊपर चक्रीय चक्रवाती धेरा स्थित है इस कारण मौसम में बदलाव आने की संभावना है इस दौरान हल्की बारिश मुख्य रूप से मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों में होने की संभावना जताई गई है रोड सेफ्टी क्रिकेट ट्र्नामेंट राजधानी रायपुर के शहीद वीरनारायण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज टी ट्वेटी क्रिकेट प्रतियोगिता में आज श्रीलंका का मुकाबला बांग्लादेश लीजेंड्स से हो रहा है इससे पहले कल शाम खेले गए एक अन्य भैच में इंग्लैण्ड लीजेंड्स ने भारत लीजेंड्स को छह रनों से पराजित किया राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि इस क्रिकेट प्रतियोगिता के फ्री पास मीडिया प्रतिनिधियों के अलावा विद्यार्थियों पुरस्कार विजेताओं और मंत्रालय तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत् अधिकारियों और कर्मचारियों कर्के साथ ही सुरक्षा बल के जवानों को दिए जाएंगे विभिन्न वर्गो के लिए अलग अलग तिथियां निर्घारित की गई हैं कौशल मेला रायपुर जिले के युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने रोजगार सह कौशल मेला का आयोजन किया जाएगा इसका आयोजन बारह मार्च को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सड़द पंद्रह को धरसींवा अट्ठारह को आरंग बाईस को अमनपुर और पच्चीस मार्च को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तिल्दा में होगा

इसे गंगालूर थाना क्षेत्र में स्थित पुसनार के जंगलों से गिरफ्तार किया गया दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेलमंडल के रायपुर यार्ड में बॉक्स पुशिंग कार्य के कारण रायपुर स्टेशन से संचालित स्पेशल मेम देनों के प्लेटफॉर्म में बारह मार्च से आंशिक परिवर्तन किया जा रहा है अँब प्लेटफॉर्म नंबर एकए पर आने वाली मेमू स्पेशल गाड़ियों को प्लेटफॉर्म नंबर तीन से संचालित किया जाएगा महासमुद पुलिस ने ओडिशा सीमा के पास ग्राम रेवा से दो अंतर्राज्यीय हीरा तस्कर को गिरफ्तार किया है उनके पास से चार सौ सतहत्तर नग हीरा जब्त किया है जिसकी कीमत करीब छब्बीस लाख रूपये बताई जा रही है कबीरधाम पुलिस ने कुरियर ऑफिस में तीन लाख रूपये से अधिक की चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय चोर को गिरफ्तार किया है

सुकमा के जंगल में लगी आग आधे किलोमीटर तक फैल चुकी है